राज्य के दो अन्य कॉलेजों को भी दी गयी बीएड की मान्यता डाक निदेशालय ने कोरोना वायरस को लेकर राज्य के सभी डाकघरों को एक आदेश जारी कर चीन से आने जाने वाली डाक पर रोक लगा दी है डाक विभाग के अनुसार चीन के लिए कोई एयरलाईन उपलब्ध नहीं होने के कारण यह रोक लगायी गयी है चीन से हर दिन रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट से लाखों डाक आती जाती है जिसमें से एक हजार से अधिक डाक बिहार पहुंचती है राजधानी दिल्ली समेत देश के तीन राज्यों में कोरोना से संक्रमित एक एक मरीज के मिलने के बाद देश भर में सतर्कता और बढ़ा दी गयी है दिल्ली के अलावा तेलंगाना और राजस्थान में कोरोना वायरस कोविड नाईनटीन के संक्रमण के दो नए मामलों का पता चला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को ईरान जापान दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है तथा बुखार गले की खराबी अथवा सांस लेने में समस्या होने पर मरीज को निकट के चिन्हित चिकित्सालय में ले जाया जाना चाहिए कोरोना को लेकर बिहार उत्तर प्रदेश समेत नेपाल से लगी सभी राज्यों की सीमाओं पर लगातार चौकसी बरती जा रही है इस बीच सीवान जिले में भी पांच लोगों में कोरोना वायरस से मिलते जुलते लक्ष्णों की पहचान हुई है ये सभी चीन और ईरान से लौटे हैं पन्द्रह जनवरी को प्रदेश के चार सौ तिरासी कोन्द्रों पर पुलिस बहाली की स्थगित परीक्षा अब आठ मार्च को होगी केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा सिपाही के ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी पदों के लिए आठ मार्च को होने वाली लिखित परीक्षा में लगभग साढ़े छह लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे परीक्षा के लिए पटना सहित राज्य के छत्तीस शहरों में केन्द्र बनाये गये हैं राज्य के कृषि पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सरकार राज्य के बारह लाख मछ्आरों का बीमा करायेगी इसके लिए जल्द ही बीमा योजना शुरू की जायेगी विधान परिषद में एक प्रश्न के जबाव में यह जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मछली पालकों के लिए आवास और तिपहिया चौपहिया वाहन देने की योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही है कृषि मंत्री ने बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड अभियान केसीसी में सहयोग करने की अपील की उन्होंने कहा कि बैंक हर किसान को केसीसी उपलब्ध करायें कृषि मंत्री ने बताया कि बारह से सत्ताईस फरवरी तक चलाये गये विशेष अभियान में लगभग तीन लाख किसानों ने केसीसी के लिए आवेदन किया है उन्होंने बताया कि उनतालीस लाख किसानों को अब तक केसीसी दिया जा चुका है बिहार के पचासी नगरों का प्रॉपर्टी सर्वे किया जायेगा साथ ही इनका जीआईएस मैप भी तैयार किया जायेगा पटना में नगर विकास और आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया इसके अनुसार कंसलटेंट वेब पार्टल और मोबाईल एप बनाकर वेंडर के कामों की निगरानी की जायेगी प्रॉपर्टी सर्वे से इन स्थानों में होल्डिंग टैक्स वसूलने में आसानी होगी पटना में पदस्थापित प्रशासनिक अधिकारी ज्योति बाला की आत्महत्या के मामले में उनके बैंक अधिकारी पति समेत छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गयी है मुम्बई के अपर जिला और सत्र न्यायालय वसई में दायर चार्जशीट में पति के अलावा सास ससुर और दो ननद ननदोई को आरोपी बनाया गया है इन सभी पर दहेज हत्या प्रताड़ना मानसिक और शरीरिक शोषण घरेलू हिंसा और खुदकुशी के लिए उकसाने जैसे आरोप हैं पटना से हाजीपुर को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु का पश्चिमी लेन अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह से चालू होने की संभावना है पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पुल की मरम्मत का काम अंतिम चरण में है नेशनल कौंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशनएनसीटीई ने पटना विश्वविद्यालय में एमएड कोर्स की मान्यता बहाल कर दी है साथ ही राज्य के दो अन्य कॉलेजों को भी बीएड की मान्यता दे दी गयी है मान्यता प्राप्त करने वाली कॉलेजों सभापति इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन बिहार और देव नगीना टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मसौढ़ी शामिल हैं एनसीटीई की पूर्व क्षेत्रीय कमिटी की भूवनेश्वर में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में राज्य के चार बीएड कॉलेजों से स्पष्टीकरण पूछा गया है राजधानी पटना और आस पास के क्षेत्रों में मौसम में आये अचानक परिवर्तन से न्यूनतम तापमान में रिकार्ड बढोतरी दर्ज की गयी है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना का न्यूनतम तापमान सत्रह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो पिछले ग्यारह साल में सबसे अधिक है इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से आठ मार्च तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाने के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है राज्य में खादी को बढ़ावा देने के लिए पूर्णिया में जल्द ही खादी पार्क खोला जायेगा उद्योग मंत्री श्याम रजक ने विधानसभा में यह घोषणा करते हुए बताया कि खादी पार्क खोलने के लिए जमीन चिन्हित कर ली गयी है केन्द्र सरकार ने उड़ान के दौरान वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है इस स्वीकृति के बाद हवाई यात्राओं के दौरान यात्री फेसबुक ट्वीटर समेत अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे देश की कई विमानन कंपनियां जल्द ही यात्रियों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करायेगी पटना जिला प्रशासन ने अशोक राजपथ पर बिना लाईसेंस के चल रही पांच पटाखा दुकानों को सील कर दिया है टीम ने मौके से चालीस लाख रूपये का पटाखा जब्त किया है

पटना के बाढ़ थाने के शेखपुरा गांव से पुलिस ने पांच सौ साठ लीटर स्पिरिट जब्त किया है बाढ़ थाने के अवर निरीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि शराब के धंधेबाजों ने देशी शराब बनाने के लिए इसे जमीन के अंदर छुपा रखा था सत्रह से उन्नीस अप्रैल के बीच पटना में एक भारत श्रेष्ठ भारत मलखंभ चैम्पियनशिप का आयोजन किया जायेगा इसमें देश भर की टीमें शामिल होंगी यह जानकारी बिहार मलखंभ एसोसिएशन के महासचिव प्रणीण कुमार मिश्र ने दी है आंध्र प्रदेश के कड़पा में खेले जा रहे अंडर नाईनटीन महिला वनडे क्रिकेट चैम्पियनशिप में बिहार ने सिक्किम को एक सौ सत्ताईस रनों के बड़े अंतर से हरा दिया टूर्नामेंट में ये बिहार की लगातार पांचवीं जीत है आज बिहार का एक और मुकाबला पुडुचेरी से होगा हिमाचल प्रदेश के मंडी में चार से छह मार्च तक खेले जाने वाली कृश्ती प्रतियोगिता के लिए बिहार की बालक और बालिका टीम घोषित कर दी गयी है कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गास्थान चौक के पास पुलिस ने लूट की योजना बना रहे एक क्ख्यात अपराधी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है भागलपुर में इंटरमीडिएट की परीक्षा की उत्तर प्रस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में योगदान नहीं देने के कारण चौंतीस शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है दिल्ली समेत तीन राज्यों में कोरोना की दस्तक दैनिक जागरण का शीर्षक है तो क्या सोशल मीडिया को अनफ्रेंड करेंगे पीएम मोदी प्रभात खबर का सुर्खी है पंचायत प्रतिनिधियों को मिल सकता है पेंशन का लाभ भी दैनिक भास्कर ने निर्भया दुष्कर्म कांड के दोषियों की फांसी की सजा टलने की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है चार दरिंदे जिंदा डेथ वारंट को फांसी आज अखबार लिखता है मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस मामले में बड़ी कार्रवाई तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी बर्खास्त

राज्य के दो अन्य कॉलेजों को भी दी गयी बीएड की मान्यता